मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से सुबह आठ बजे हेली टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हेली टैक्सी सेवा को प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई श्रुआत करार दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आरंभ में सप्ताह में दो दिन चलाई जा रही ये हेलीटैक्सी सेवा तीन दिन चलाने का प्रयास होगा उन्होंने ये भी कहा कि इसी तर्ज पर मनाली से रोहतांग के लिये भी हेली टैक्सी सेवा शीघ्र आरंभ होगी

इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप शिमला की महापौर कुसुम सदरेट पवन हंस के सीएमडी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे सम्मेलन राज्यपालों और उपराज्यपालों का दो दिन का सम्मेलन आज से राष्ट्रपति भवन दिल्ली में शुरू हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता करेंगे छह सत्रों में आयोजित होने वाले इस समेमलन में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी सम्मेलन का आरंभ राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण से होगा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व उप राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे

भारत स्वाभिमान व पतंजली योगपीठ के हिमाचल प्रभारी लक्ष्मी दत्त शर्मा और योग दिवस के लिए नियुक्त भाजपा प्रभारी गणेश दत्त ने कल शिमला में मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गणेश दत्त ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे

जिला दण्डाधिकारी राकेश क्मार प्रजापति ने ये आदेश जारी करते हए कहा कि अध्यापक दोपहर डेढ़ बजे तक स्कूल में ही रहेंगे उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन समितियों और शिक्षक संगठनों की मांग पर ये निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान भारत और जिम्बाब्वे के बीच अंतर्राष्ट्रीय ड्यूबॉल सीरीज भी इसी मैदान में खेली जाएगी सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए ड्यूबॉल संघ ने तैयारियां शरू कर दी हैं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 अमर उजाला का शीर्षक है आज शुरू होगी शिमला चंडीगढ़ हेली टैक्सी

हिमाचल दस्तक व दैनिक सवेरा टाइम्स की एक जैसी सुर्खी है शिमला चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी आज से शुरू जन मंच योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम पर अमर उजाला लिखता है जन मंच के बहाने कमजोर किले मजबूत करने का दांव हिमाचल दस्तक का शीर्षक है जन मंच लोगों के बीच जयराम की कैबिनेट निपटाई चार हजार शिकायतें दैनिक भास्कर के अनुसार रोहतांग में ईको मार्केट तैयार प्रभावित हुए हर घर के एक व्यक्ति को मिलेगा रोजगार नूरपुर बस हादसे पर पंजाब केसरी का शीर्षक है एफआईआर करवाने वाले ने बदली स्टेटमेंट कहा हादसे के समय नहीं था मौजूद दैनिक जागरण का कहना है स्कूल प्रबंधन सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज शिकायतकर्ता और ट्रक मालिक भी नपे आपका फैसला ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान को सुर्खी दी है हिमाचल में खुलेगी राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी इसी अखबार की एक अन्य खबर है शिमला में पुलिस कर्मियों ने लोगों को बांटा मिनरल वाटर सूखे जैसे हालात के कारण गहराया पेयजल संकट खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है जल संकट के बीच हो रही हैंडपम्प की पूजा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है सिरमौर के रानीताल में मनाई हैंडपम्प की छठी वर्षगांठ पानी के सद्पयोग का भी दिया संदेश

इसी अखबार की एक अन्य खबर है शिमला शहर से जल संकट टला लौटी रौनक अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जनता का मंच में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने बेहतर पहल कर जनता को ऐसा मंच प्रदान किया है जहां वे खुलकर अपनी शिकायतें व समस्याएं रख सकते हैं दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय सामाजिक गलियों में नशा में प्रदेश में बढ़ते नशा माफिया पर अंकुश लगाने के लिये व्यापक मुहिम चलाने पर बल दिया है